श्री मोदी ने वाराणसी में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए ये बात कही

उन्होंने कहा कि लोगों ने उन्हें प्रधानमंत्री बनाया है लेकिन वे काशी के लोगों के लिए एक साधारण कार्यकर्ता हैं प्रधानमंत्री ने भाजपा के उन कार्यकर्ताओं को श्रद्धांजलि अर्पित की जिन्होंने पार्टी के लिए अपना बलिदान दिया श्री मोदी ने कहा कि देश विकास और आर्थिक वृद्धि के रास्ते पर चल रहा है और हाल के वर्षों में इसमें तेजी आई है

भाजपा अध्यक्ष अमित शाह और उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस कार्यक्रम में मौजूद थे

श्क्रवार को नये मंत्रिमण्डल की पहली बैठक में पहले संसदीय सत्र की तारीख के बारे में फैसला किया जा सकता है हमारे संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद सत्र के पहले दिन संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगे इसी दिन लोकसभा के अस्थाई अध्यक्ष की नियुक्ति भी की जा सकती है अध्यक्ष के चुनाव से पहले अस्थाई अध्यक्ष नवनिर्वाचित सांसदों को पद की शपथ दिलाएंगे अध्यक्ष की नियुक्ति के बाद दोनों सदनों में धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा की जाएगी प्रधानमंत्री इसका जवाब देंगे राष्ट्रपति ब्रहस्पतिवार को नरेन्द्र मोदी और मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्यों को राष्ट्रपति भवन में शाम सात बजे एक समारोह में पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे

कांग्रेस अध्यक्ष राहल गांधी के निवास पर होने वाली इस बैठक में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट दिल्ली में ही मौजूद है दूसरी और लोकसभा चुनाव में हार के बाद राज्य कांग्रेस में सत्ता और संगठन के नेताओं पर इस्तीफे का दबाव बढता जा रहा है राज्य के कृषि मंत्री लालचन्द कटारिया द्वारा इस्तीफा दिये जाने संबंधी एक प्रेस विज्ञप्ति कल शाम से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है इस विज्ञप्ति में कटारिया द्वारा अपना इस्तीफा मुख्यमंत्री के माध्यम से राज्यपाल को भेजे जाने की बात कही गई है

पूर्व प्रधानमंत्री डॉ मनमोहन सिंह यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी पूर्व उप राष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी और कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने राजधानी में पंडित नेहरू को उनके स्मारक शांतिवन में श्रद्वांजलि दी इस अवसर पर एक सर्वधर्म प्रार्थना सभा का भी आयोजन किया गया प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भी पंडित नेहरू को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्वांजलि दी है टवीट संदेश में श्री मोदी ने कहा है कि देश की जनता राष्ट्र के प्रति पंडित नेहरू के योगदान को याद करती रहेगी उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने एक ट्वीट संदेश में कहा कि नेहरू जी को आध्रनिक भारत के निर्माण में उनके योगदान के लिए हमेशा याद रखा जायेगा

इस अवसर पर जयपुर में राजस्थान पुलिस अकादमी में राज्यस्तरीय समारोह आयोजित किया गया समारोह में उल्लेखनीय कार्य करने वाले पुलिसकर्मियों को सर्वोत्तम सेवा चिन्ह से सम्मानित किया गया कार्यक्रम में पुलिस महानिदेशक कपिल गर्ग ने अकादमी के परेड ग्राउण्ड में सेरेमोनियल परेड की सलामी ली उन्होंने पुलिस के अधिकारियों और कर्मचारियों की परायणता की प्रशंसा की उन्होंने पुलिसकर्मियों से कार्य प्रणाली में सुधार लाने और जनता के प्रति संवेदनशीलता बढाकर कार्य करने का आहवान किया

जयपुर में पुलिस अकादमी में इसी सिलसिले में रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया गया

प्रदेश के अन्य जिलों में भी पुलिस दिवस के अवसर पर कई कार्यक्रम हुए भरतपुर में पुलिस परेड ग्राउंड में हुए समारोह में जिला पुलिस अधीक्षक हैदरअली जैदी की उपस्थिति में आकर्षक परैड का प्रदर्शन किया गया

इस अवसर पर आज अजमेर में आयोजित समारोह में पुलिस महानिरीक्षक संजीव नार्जरी ने परेड की सलामी ली उन्होंने समारोह में करीब डेढ़ सौ पुलिसकर्मियों को सम्मानित भी किया झुंझुन् में परेड और सम्मारोह के अलावा प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया नागौर में इस अवसर पर शहीद हुए पुलिस जवानों को श्रद्धांजलि दी गई पुलिस अधीक्षक ने श्रेष्ठ उत्कृष्ट कार्य करने वाले पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया

राज्य स्तर पर भामाशाह को शिक्षा भूषण और शिक्षा विभूषण तथा जिला स्तर पर शिक्षाश्री और शाला प्रेरक की उपाधि से नवाजा जाएगा

शिक्षा विभाग के अनुसार ज्ञान पोर्टल और मुख्यमंत्री विद्याज्ञान कोष के माध्यम से स्कूलों के विकास में मदद करने वाले भामाशाह और प्रेरकों को भी सम्मान से जोड़ा गया है

पखवाड़े में दस्त के इलाज के लिए ओरआरएस और जिंक की गोलियों के इस्तेमाल के बारे में जानकारी दी जाएगी छोटे बच्चों में दस्त नियंत्रण के लिए आशा सहयोगिनियों द्वारा साफ सफाई के बारे में ग्रामीणों को जागरूक किया जाएगा

चिकित्सा निदेशालय ने सभी मेडिकल कॉलेज के प्राचार्यो को इसके आदेश दिए हैं डे केयर सेंटर में ऐसे मरीजों को रखा जाएगा जिन्हें दिनभर चिकित्सा के बाद रात को छट्टी दी जा सकती है इसके लिए इन अस्पतालों को सरकार अलग से बजट उपलब्ध कराएगी

सेंटर में इलाज के बाद भी जिन मरीजों की स्थिति ठीक नहीं होगी उन्हें वार्ड में स्थानांतरित कर दिया जाएगा

सुबह से ही लू चलने से लोगों का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है